केद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा नागरिकता संशोधन कानून देश के किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कट्टर आतंकवाद को भारत के साथ साथ विश्व के लिए बड़ी समस्या बताया ानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वाराणसी के बी एच यू में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के बजट में प्रदेश के समग्र विकास के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा गया है विघान परिषद में कल अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने बजट को शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और युवाओं के विकास पर केन्द्रित बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई साल में प्रदेश में दो लाख इक्यासी हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस में एक लाख सैंतीस हजार भर्तियां की गई पीएसी की चौव्न कम्पनियों को बहाल किया गया और पीएसी की तीन नई महिला कम्पनियों का गठन भी किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में निवेश के लिये स्रक्षित माहौल दिया है जिसके कारण राज्य के प्रति लोगों का निवेश करने का रूझान बढ़ा है उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में सामूहिक विवाह योजना में धनराशि को पैंतीस हजार रूपये से बढ़ाकर इक्यावन हजार रूपये किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य कृषि और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है गन्ना किसानों का नवासी हजार करोड़ रूपये का रिकार्ड भ्गतान सरकार ने किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक समावेशी क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है उन्होंने कहा कि वृद्वावस्था पेंशन निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से लोगों को काफी लाभ मिला है बुन्देलखंड में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत सात जनपदों के लिये पन्द्रह हजार करोड़ रूपये की धनराशि बजट मेंब आवंटित की गई है

संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में रिथति नियंत्रण में है श्री जावडेकर ने कहा कि पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और दोषियों की पहचान की जाएगी

पिछले दिनों हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या अट्ठाईस हो गई है हिंसा के सिलसिले में एक सौ से अधिक लोग गिरफ्तार किये गए हैं गृह मंत्रालय ने कहा है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं और स्थिति नियंत्रण में है आकलन के आधार पर दिल्ली पुलिस की चालीस कंपनियों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तिहत्तर कंपनियां इलाके में तैनात की गई हैं गृह मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि भीड़ की हिंसा गंभीर अपराध है इसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी भारत ने दिल्ली में हिंसा पर इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान की कड़ी आलोचना की है भारत ने कहा है कि संगठन का बयान तथ्यों से परे और गुमराह करने वाला है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस्लामिक सहयोग संगठन जैसे संगठनों से इस संवेदनशील समय में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने को कहा है नई दिल्ली में मीडिया से कल बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास जारी है श्री रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद सार्वजनिक रूप से शांति और भाई चारे की अपील की है इस्लामिक सहयोग संगठन ने दिल्ली में हिंसा की आलोचना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में आयोजित होने वाले विशाल शिविर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तथा दिव्यांगजनों के लिए उपकरण सहायता योजना के तहत सहायता उपकरण वितरित करेंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में रक्षा साजो सामान आयातकर्ता की बजाय मुख्य निर्यातक देश होगा कल बेंगलूरू में एक राज्य स्तर के उत्सव के दौरान हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी सत्रह हजार करोड़ रूपए के रक्षा साजो सामान निर्यात किए जाते हैं जो बढ़कर वर्ष दो हजार चौबीस तक पैंतीस हजार करोड़ रूपए के हो जाएंगे

पर आप लोगों की कपेसिटीको रेखते हुए आगामी वर्षों में इसका लक्ष्य दु थाऊजेंड ट्वेंटी फोर आते आते थर्टीफाइव थाऊजेंड करोड़ तक पहुंचेगा इस संबंध में मैं पूरी तरह से काफिडेंट हूं

पूलिस के अनुसार यह फैसला सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है रामपुर की स्थानीय अदालत ने फर्जी हलफनामा तैयार करने के आरोप में तीनों को बुधवार को दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सीतापुर कारागार में सांसद आजम खान से मुलाकात की उनके साथ पार्टी के विधायक और कई नेता भी सांसद से मिलने पहुंचे थे

कल नई दिल्ली में दो दिन के सावरकर साहित्य सम्मेलन के समापन समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश आतंकवाद से लड़ाई में एक ज्ट हो रहे हैं आज दुनिया दो भागों में बंटी हुई है एक है फंडमेंटालिस्ट टेरेरेस्ट आतंकवादी और दूसरी तरफ सहिष्यू सरसता सर्वसामाजिकता इसका आघार तेकर डेमोडेटिक वेल्यूज के साथ हम सब मिलकर रहेगे कहने वाला एक विचार प्रवाह है और इसलिए आज की स्थिति में हमें सर्वेसमावेशक प्रगतिशील होते हुए भी और सही अर्थों में सर्वधर्म समभाव सब धर्मों का सम्मान करते हुए सबकोसाथ लेकर आगे जाना है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत हम आपको उत्तर प्रदेश के जोड़ीदार राज्य मेघालय की विशेषताओं से रूबरू कराते हैं आइए आज इस श्रेंखला की आखिरी कड़ी में जानते हैं कि कैसे पहुंचा जा सकता है मेघालय मेघालय प्ररी तरह बादलों और पहाड़ियों से घिरा राज्य है राज्य का निकटतम हवाई अड्डा गुवाहाटों है जो मेघालय की राज्यानी शिलांग से करीब एक सौ अट्ठाइस किलोमीटर की दूरी पर है गुवाहाटी से हेतीकॉटर से आये घंटे में शिलांग पहुंचा जा सकता है मेघालय में रेल सेवा नहीं है ऐसे में यहां औने वाले पर्यटकों को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ही उतरना होता है यहां से सड़क मार्ग के जरिये शिलांग और राज्य के अन्य स्थानों पर पहुंचा जा सकता है मेघालय में सड़क नेटवर्क काफी अँक्या है राष्ट्रीय राजमार्ग चालीस हर मौसम में खुला रहता है मौसम इसमें बाया नहीं डालता शिलांग को गुवाहाटी से जोड़ने वाली सड़क देश के अन्य बड़े शहरों को भी जोड़ती है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की विश्वविद्यालय में कल आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने समी परियोजनाओं को समयबद्द ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को शिक्षा का वैश्विक केन्द्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी जनपद बलिया में कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि राजकीय आईटी आई परिसर रामपुर में आयोजित मेले में सात कम्पनियों ने भाग लिया रोजगार मेले में आठ सौ अड़तीस युवाओं ने पंजीकरण कराया था जिनमें से दो सौ नवासी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया महराजगंज जिले में कल एक रोडवेज बस और एसयूवी कार की आमने सामने से हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गए पुलिस के अनुसार दुर्घटना कल सुबह गोरखपुर सोनौली राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में एस यूवी चालक और एक महिला की मौत हो गयी गंभीर रूप से घायल दो अन्य को उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है